इससे राज्यों के राजस्व में तीन से चार प्रतिशत की वृद्वि होगी और यह राशि आनुपातिक आधार पर राज्यों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल व्हाट्स ऐप प्रमुख विल केथकार्ट के साथ इस बारे में बैठक की व्हाट्स ऐप प्रमुख ने इन गंभीर मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया व्हाट्स ऐप की प्रस्तावित भुगतान सेवा के बारे में श्री प्रसाद ने कहा कि यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अपेक्षाओं के अनुरूप है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा श्रोता मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिये माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते है

इसके तहत आज सुबह गढ परिसर से मिनी सचिवालय तक गांधी संदेश यात्रा रैली निकाली गई

कार्यवाहक उप महानिरीक्षक श्याम कपूर ने इस दौड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौड में सैंकडो लोगों ने भाग लिया वहीं जैसलमेर में भी कारगिल विजय दिवस समारोह के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन किये जा रहे है

प्रत्येक मंच और मौके को टीकाकरण का पैगाम देने के लिए उपयोग किया जा रहा है

गौरतलब है कि इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने शिकार के लिए उकसाने के आरोपियों को बरी कर दिया था

मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कुछ जगह भारी वर्षा की चेतावनी दी है झूंझनू जिले में बीते तीन दिन से जारी बरसात से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है और पानी घरों में घूसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

अलवर जिले के थानागाजी में कल लगातार सात घंटे तेज बारिश के बाद पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया बारिश के कारण क्षेत्र के कई एनिकेटों पर चादर चली इसके साथ ही क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर आ गए

जिसका पानी तेज गति से बहकर खेतों में पहुंच गया सीकर में लगातार बारिश के बाद अलर्ट जारी कर दिया है

झालावाड सवाईमाधोपुर सीकर नागौर पाली और राजसमंद से भी अच्छी वर्षा होने के समाचार प्राप्त हुए है राज्यभर में वर्षाजनित हादसों में आज भीलवाडा जिले के रूपप्रा गांव में बारिश के कारण एक मकान ढहने से एक महिला की मृत्यु हो गई और एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं झुंझुनूं जिले के खेतडी में कल तालाब में नहाने गये एक बालक की ड्बने से मृत्यु हो गई सीकर जिले में पिछले दो दिनों में हुई भारी बारिश से हुई जनहानि में पांच मृतकों के आश्रितों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि मंजूर की गई है

समूचा राष्ट्र आज देश के लाडले वैज्ञानिक को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर संदेश में डॉ कलाम को श्रद्दासुमन अर्पित करते हुए कहा कि डॉ कलाम का सादा जीवन और दूरदर्शी सोच भारत के लिये हमेशा प्रेरणादायी रहेगी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा अंधेरा ज्यादा होने के कारण हुआ बीकानेर के छत्तरगढ़ इलाके में एक बस और मोटरसाईकिल की टक्कर में मोटरसाईकिल सवार युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई

पुलिस इस मामले में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है